प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने का किया स्वागत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा पूरे देश में लागू होनी चाहिए एक समान शिक्षा प्रणाली केन्द्र सरकार ने कहा कर्मचारी चयन आयोग ने इस वर्ष और अगले वर्ष के लगभग एक लाख से अधिक पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया कर दी है शुरू राज्यसभा ने कल नागरिकता संशोधन विधेयक दो हजार उन्नीस पारित कर दिया सदन ने विधेयक को एक सौ पांच के मुकाबले एक सौ पच्चीस वोटों से मंजूरी दी लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है सदन ने विधेयक पर विपव्व के संशोधनों को खारिज करते हुए विवेयक को मंजूरी दी बहस का उत्तर देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि यह विवेयक पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को मुसीबतों से छूटकारा दिलाने के लिए एक ऐतिहासिक आवश्यकता है उन्होंने कहा कि धार्मिक आधार पर देश के विभाजन के बाद इन देशों में अल्पसंख्यकों को लगातार उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है

हम एक तीन देशों की माइनॉरटी को ले रहे हैं और सभी की सभी माइनॉरटी को ले रहे हैं एक क्लास को ले रहे हैं और उसमें भी वो क्लास को जो धार्मिक प्रताइना से प्रताड़ित है इसलिए रिजनेबल क्लीसिफिकेशन के आधार पर ये संसद को कानून बनाने का अधिकार है गृहमंत्री ने सवाल किया कि कांग्रेस धर्म के आधार पर भारत के विभाजन को कैसे राजी हुई नागरिकता संशोधन अधिनियम में उन्नीस सौ पचपन के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करके अफगानिस्तान बांग्लादेश और पाकिस्तान के छह समुदायों के अवैघ अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र बनाने का प्रावधान किया गया है ये समुदाय हैं हिन्दू सिक्ख बौद्द जैन पारसी और ईसाई इस विधेयक की संवैधानिकता को लेकर सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए श्री शाह ने कहा कि इसमें शर्तों को पूरा करने के लिए तर्क संगत तरीके से वर्गीकरण किया गया है उन्होंने कहा कि उच्च सदन को जनता की भलाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कानून बनाने से नहीं हिचकना चाहिए उन्होंने सदन को आश्वासन दिया कि इस विधेयक में किसी भी मुसलमान की नागरिकता छीनने का कोई प्रस्ताव नहीं है उन्होंने जोर देकर कहा कि इसमें पड़ोस के तीन देशों में धार्मिक कारणों से सताये गये लोगों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है गृहमंत्री ने राज्यसभा को बताया कि पिछले पांच वर्षो में भारत ने इन देशों के पांच सौ छियासठ मुसलमानों को भी नागरिकता देने में उदारता दिखायी है उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के विपरीत एन डी ए सरकार की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर विस्तृत परिभाषा है चर्चा के दौरान कांग्रेस वामपंथी दलों तृणमूल कांग्रेस समाजवादी पार्टी डी एम के पार्टी बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और तेलांगना राष्ट्र समिति ने विधेयक को असंवैघानिक करार देते हुए इसका विरोध किया कांग्रेस के कपिल सिब्बल का कहना था कि इसके ऐसे दूरगामी परिणाम होंगे जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने विधेयक को असंवैधानिक बताया समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान ने भी सरकार पर आरोप लगाया कि यह विवेयक देश के धर्म निरपेक्ष स्वरूप पर हमला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि संक्विन ने हर नागरिक को एक समान अधिकार दिये हैं और इस विधेयक को आगे जांच के लिए प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए शिवसेना के संजय राउत ने कहा कि विधेयक का विरोध करने वालों को राष्ट्रविरोधी करार देना गलत है उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का हनन हुआ है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकता संशोधन विषेयक के राज्यसभा में पारित होने पर खुशी व्यक्त की है उन्होंने कहा कि यह भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है और देश के सहानुभूति तथा भाईचारे के मूल्यों का प्रतीक है प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि यह विधेयक उन लोगों के कष्ट दूर करेगा जो वर्षो से अत्याचार का सामना कर रहे हैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इसके साथ ही करोड़ो वंचित और पीड़ित लोगों के सपने साकार हो गये उन्होंने विधेयक का समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद दिया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यह कानून भारत के पड़ोसी देशों के धार्मिक रूप से पीड़ित अल्पसंख्यकों को सम्मानपूर्ण जीवन प्रदान करेगा उन्होंने ट्वीट में इस ऐतिहासिक कदम के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की उधर कॉप्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने नागरिकता संशोधन विवेयक दो हजार उन्नीस पारित होने को भारत के बहलबाद पर संकृचित विचारधारा की जीत कहा उन्होंने एक बयान में भारतीय जनता पार्टी के ध्रुवीकरण एजेण्डा के खिलाफ संघर्ष जारी रखने की कॉग्रेस की प्रतिबद्वता व्यक्त की प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस विवेयक के पारित होने का स्वागत किया है उन्होंने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि नागरिकता संशोधन विषेयक जैसे कदम ऐतिहासिक नहीं बल्कि ऐतिहासिक भूल साबित होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरे देश में एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होनी चाहिए उन्होंने इसे सामाजिक समानता के लिए आवश्यक बताया कल लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित दो दिवसीय स्कूल समिट में अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र में एक समान रिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए सभी राज्यों के बीच सहमति बनाने के लिए सार्थक पहल की जरूरत है उन्होंने कहा कि शिक्षा मनृष्य के व्यक्तित्व निर्माण का आवार होती है और इसी आधार पर एक आदर्श समाज और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है श्री योगी ने कहा रिक्षा प्रणाली को ऐसा होना चाहिए कि वह व्यक्ति को स्वावलम्बी बनाने के साथ साथ उसे एक योग्य एवं सक्षम नागरिक बनाने में भी मदद करे उन्होंने कहा कि इसके लिए पूरे देश में शिक्षा का पाठ्यक्रम एक होना आवश्यक है श्री योगी ने कहा कि इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को भी बल मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव किये है कायाकल्प योजना से स्कूलों में अवस्थापना सुविघाओं को बढ़ाया गया है जिससे पिछले ढाई वर्ष में वेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में पचास लाख विद्यार्थी बढ़े हैं

श्री शेखावत ने कहा कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा महत्वपूर्ण साबित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौदह दिसम्बर को कानपुर आएंगे इस दौरान पांच राज्यों के मुख्यमंत्री भी साथ होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पूर्व श्री शेखावत कल कानपुर पहुंचे उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए अटल घाट और गंगा बैराज का निरीक्षण किया श्री शेखावत ने परिमया नाले का भी निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई के लिये जरूरी दिशा निर्देश भी दिये सामाजिक सुरक्षा संहिता दो हजार उन्नीस कल लोकसभा में पेश की गई इसका उद्देश्य कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कानूनों की संख्या मौजूदा चौवालिस से घटाकर केवल चार करना है श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने सदन में बताया कि यह संहिता वर्तमान श्रम कानूनों की संख्या को कम करने के बारे में है उन्होंने कहा कि इसे बनाने से पहले व्यापक विचार विमर्श किया गया है श्री गंगवार ने कहा कि इस सहिता से सामाजिक सुरक्षा के मौजूदा नियमों की जटिलताए समाप्त हो जायेंगी